कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्म सम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं

बाइट गांव में रहने वाले गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई है

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षो में लगभग दो करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाये गए

इन घरों को बनाने के लिए करीब करीब डेढ़ लाख करोड़ रूपये अकेले केन्द्र सरकार ने दिए घरों को महिला सशक्तीकरण का उदाहरण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त कर रही है

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे गांवों में भूमि संबंधी कई मुद्दे सुलझ जाएंगे बाइट गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है मैपिंग कराई जा रही है ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकार्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जायेंगे

स्वामित्व योजना का अच्छा प्रभाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा

उन्होंने कहा कि अब राज्य के लगभग हर गाँव में इस योजना के अंतर्गत बनाए गये मकान देखे जा सकते हैं बाइट प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी हमें देखने को मिलता है यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जा सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खीरी चित्रकूट वाराणसी अयोध्या और सहारनपुर जिलों के लाभार्थियों से भी बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा माह की सभी गतिविधियां अंतर्विभागीय समन्वय के साथ संचालित की जायें मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि जनपदों में गौ आश्रय स्थलों और गौशालाओं का नियमित निरीक्षण किया जाये तथा संरक्षित गौवंश को सर्दी से बचाने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें

इस अवसर पर आयोजित एक कार्यकम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक पौने चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति दे चुकी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव गरीब किसान मजदूर महिलाओं और नौजवानों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है

उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपने दायित्वों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ पालन करने की अपील की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

उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के अभियान में अगले चरण के लिए फंट लाइन वर्कर्स का डाटा तेजी के साथ तैयार किया जाये उन्होंने कहा कोरोना टीकाकरण की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और मानकों के अनुसार होनी चाहिए

उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जातीं तब तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी गुरू गोबिन्द सिंह जी की जयन्ती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन न्यायपूर्ण समाज गठित करने के लिए समर्पित था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को श्रभकामनाएं दी हैं उन्होंने आज लखनऊ के यहियागंज स्थित गुरूद्वारे पहुंच कर श्री गुरू ग्रन्थ साहेब जी के दर्शन किये और स्वर्ण मन्दिर से आये रागी भाईयों से शबद कीर्तन सुना उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा हेतु सिख गुरूओं के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

समाप्त